इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को केन्द्रीय कानूनों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का कार्य करना है

इधर राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्य समारोह जयंपुर के पास धानक्या स्टेशन पर होगा इसमें मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंडित दीनदयाल उपाध्याय आत्मनिर्भर भारत और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में वर्च्यअल रैली को संबोधित करेंगे समिति के अध्यक्ष प्रो मोहन लाल छीपा ने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभ्यर्थियों द्वारा किए गए उपद्रव और प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है एक ट्वीट कर श्री गहलोत ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए कोनून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकारी नहीं है उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें गौरतलब है कि प्रदर्शन के दौरान कल अभ्यर्थियों ने पुलिस पर पथराव किया था और कई सरकारी वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया था

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में एक दिन में तेरह लाख से अधिक कोविड के नमूनों की जांच करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है